पड़ोसी राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में हाई अलर्ट स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को कोविड के जांच बढ़ाने के दिए निर्देश

विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे मैच में झारखंड ने पंजाब को दो रनों से हराया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

कोविड उपरांत की स्थिति के दौरान सुरक्षा उपायों के मद्देनजर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दीक्षांत समारोह वर्च्यअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी समारोह में शामिल होंगे

देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों को देखते हुए झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को कोरोना जांच बढ़ाने का निर्देश दिया है वहीं दूसरे प्रदेशों से झारखंड आने वालों पर पूरी निगरानी रखी जाए रेलवे स्टेशनों और रांची एयरपोर्ट पहंचे यात्रियों की आरटीपीसी और ट्रनेट मशीन से जांच कराने का भी निर्देश दिया गया है स्वास्थ्य विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि पिछले दिनों कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन सामने आए हैं ऐसे में पिछले चौदह दिनों में ब्रिटेन ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से झारखंड आए लोगों की पहचान कर उनके और परिवार वालों की कोरोना जांच करायी जाए

वहीं रांची जिले में एक मरीज की मौत हुई है

जबकि एक लाख अठारह हजार एक सौ तीन मरीज ठीक हए हैं अब तक राज्य में एक हजार छियासी मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं

सिमडेगा जिले में कोरोना के एक भी मरीज पिछले कई दिनों से नहीं मिले हैं

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी के मिश्रा और गृह सचिव अजय भल्ला भी बैठक में मौजूद थे

राज्य के समग्र शिक्षा में कार्यरत संविदा कर्मी पारा शिक्षक बीआरपी सीआरपी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के षिक्षकों और षिक्षकेतर कर्मियों की सामान्य मृत्यू पर भी उनके परिजनों को पांचा लाख रूपये मिलेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है उन्होंने समग्र शिक्षा पर कार्यरत संविदा कर्मी वेलफेयर सोसाइटी की पहली आमसभा की बैठक की अध्यक्षता की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर कहा कि राज्य में गुणवता पूर्ण शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है साथ ही संविदाधारी शिक्षा कर्मी की समस्याओं के समाधान के लिए भी सरकार गंभीर है प्रेस इनफोरमेशन ब्यूरो और रीजनल आउटरिच ब्यूरो रांची तथा फिल्ड आउटरिच ब्यूरो डाल्टनगंज की ओर से आज दोपहर दो बजे से केंद्रीय बजट बीस इक्कीस आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते कदम विषय पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरासांवा जिले के बासुरदा गांव के निवासी कामदेव पान द्वारा निर्मित बैटरी चालित बाईक की प्रशंसा करते हुए कहा कि झारखंड के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है राज्य के युवा वर्ग को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है उनकी सरकार युवाओं को सही दिशा देने का हर संभाव प्रयास कर रही है कामदेव पान ने मुख्यमंत्री को बैटरी से चलने वाले इस बाईक की खूबियों की पूरी जानकारी दी

विजय हजारे ट्रॉफी के अपने दूसरे मैच में झारखंड ने रोमांचक मुकाबले में पंजाब को दो रन से हराया झारखंड में पहले बल्लेबाजी करते हुए पचास ओवर में दो सौ सत्रह रन बनाए जवाब में पंजाब दो सौ पंद्रह रनों पर सिमट गया

अखबारों की सुर्खियां राज्य के लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने देश और पड़ोसी राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में हाई अलर्ट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में आयोजित चुनावी सभा में दिए गए भाषण को हेडलाइन बनाते हुए लिखा है बंगाल की बदहाली को ॅलिए ममता सरकार जिम्मेदार